उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार चल रही हैं जो हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है नड़डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को लिए एम्स मातृ व शिशु अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पीजीआई स्वीकृत हुए है जो एक बड़ी उपलब्धि है उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार ँ के सभी कार्यकर्ता इमानदारी से कार्य करते है और सभी की तपस्या से पार्टी और अधिक मजबूत होगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भापजा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे शिक्षा नीति केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर मजबूत और महान बनाने में मददगार साबित होगी वे आज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के स्थापना दिवस समारोह को वेबिनार के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये संस्थान अनुसंधान के माध्यम से नई शिक्षा नीति को उच्च स्तर पर बढ़ावा देगा रमेश पोखरियाल निशंक ने स्थापना दिवस पर संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों का बधाई दी इस अवसर पर संस्थान के निदेशक मकरंद आर परांजपे और संस्थान के उपाध्यक्ष चमन लाल गुप्ता भी मौजूद रहे

स्वीप चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में इन दिनों मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके तहत नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र बनाने और मतदाता सूचियों की त्रृटियों को दरूस्त करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसी कड़ी में सोलन में आज कार्यकारी एसडीएम एच एस राणा ने जागरूकता वाहन को रवाना किया उन्होंने कहा कि इस वाहन की मदद से लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया जाएगा टेलीविजन दिवस आज विश्व टेलीविजन दिवस है

मौसम प्रदेश में आगामी कल से मौसम का भिजाज बदल सकता है

इस बीच अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है और ज्यादातर स्थानों पर शीत लहर में वृद्धि का कम जारी है

इस बीच राजधानी शिमला के साथ लगते कुफरी में डॉप्लर राडार स्थापित किया गया है इसके जरिए मौसम विभाग को कुछ घंटो पहले मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी

उपायुक्त कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने सर्दियों में बर्फबारी के दौरान जिले में संपर्क मार्गों की तुरंत बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रबंध करने को कहा है